गूर्जर समाज की ओर से आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा आंदोलन आज भी जारी कल सरकार से हई वार्ता रही बेनतीजा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

मतदान सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक होगा

मतगणना के तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिया जायेगा

इस बीच कल जयपुर नगर निगम से भाजपा महापौर प्रत्याशी कुसुम यादव के पति पर जयपुर हेरिटेज से कांग्रेस के पार्षद दशरथ सिंह ने पार्षद खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में परिवाद दर्ज करवाया गया है कांग्रेस पार्षद ने इस सम्बन्ध में एक रिकॉर्डिंग भी ब्यूरो को सौंपी है ब्यूरो ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है इस बीच भाजपा प्रवक्ता और चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने इस सम्बन्ध में कांग्रेस पर भाजपा के विरुद्ध षड़यंत्र का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के पति हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं

आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी

चुनाव के लिए मतदान चार चरणों में होगा

इसके लिए राज्य सरकार ने परिपत्र भी जारी किया है मंत्रियों द्वारा अपने प्रभार वाले जिलों में बजट और जन घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी

मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विभागों के सचिवों के साथ बैठक के दौरान कहा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं राज्य सेवाओं और अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती कैलेंडर के अनुसार समय से पूरी हों

भरतपूर जिले के पीलूपुरा में आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलमार्ग को बाधित किया हुआ है वहीं बयाना हिण्डौन सड़क मार्ग भी अवरूद्ध है विभिन्न मांगों को लेकर कल देर रात गुर्जर प्रतिनिधि मंडल और राज्य सरकार के वार्ताकार खेल मंत्री अशोक चांदना के बीच हुई दो दौर की बातचीत बेनतीजा रही पहले दौर में करौली जिले के हिण्डौन सिटी में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ हुई बातचीत सकारात्मक रही लेकिन दूसरे दौर में गुर्जर प्रतिनिधि मंडल के साथ सूरौठ कस्बे में हुई बातचीत बेनतीजा रही उधर सवाई माधोपुर जिले में भी गुर्जर समाज के लोगों ने कुशाली दर्रा पर जाम लगाकर टोंक चिरगांव हाईवे को बंद कर दिया